राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग दो करोड़ पैंतीस लाख से अधिक हुई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

केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज से शुरू कोरोना टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को टीके की दो डोज लेनी होगी जो अठाइस दिनों के अंतराल पर दी जाएगी विशेषज्ञों ने बताया कि टीका लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है पंजीकरण कराने के लिए किस दिन कहां और किस समय पर टीका लगाया जाएगा इसकी जानकारी साझा की जाएगी

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत ने जितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है अब तक इतिहास में किर्सो ने भी नहीं किया है उन्होंने बताया कि टीकाकरण के पहले फेज में तीस करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उन्होंने वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों का आभार जताया है लोगों से अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना टीका के दोनों डोज जरूर लें साथ ही टीका लगाने के बाद भी कोरोना गाइड लाइन का अनुपालन करें प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की जानकारी देते हुए बताया कि भारत द्वारा तैयार किया गया टीका विदेशी वैक्सीन की तुलना में काफी सस्ता और प्रभावी है

पहले चरण में टीकाकरण के लिए एक लाख चालीस हजार स्वास्थ्यकर्मियों का पंजीकरण किया जा चुका है टीकाकरण केंद्रों में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन समेत समी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की गई है टीका का पूरा डोज लेने वालों को डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनका हेल्थ आईकार्ड बनाया जाएगा पलामू जिले में टीकाकरण की शुरुआत करते हुए सिविल सर्जन जॉन केनेडी ने टीका लगवाया टीकाकरण के लिए सभी जिलों में दो दो केंद्र बनाए गये हैं साहिबगंज जिले मे कोविड टीकाकरण आज से शुरु हो गया प्रथम चरण के टीकाकरण में सर्वप्रथम जिले के चार हजार दो सौ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा सदर अस्पताल साहिबगंज एवं सीएचसी बरहेट में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रथम चरण का टीका लगाया जा रहा है इन दोनों जगहों पर टीकाकरण हेतु आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और वेबकास्टिंग की भी सुविधा की गई है

लोहरदगा स्थित ओल्ड मेसो बिल्डिंग और कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ इधर बोकारो जिले में सदर अस्पताल स्थित ए एन एम प्रशिक्षण केंद्र तथा चंदनकियारी स्वास्थ्य केंद्र में जिले से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई जिसमें सफाई मित्रों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका लगाया गया खूंटी और रामगढ़ समेत राज्य के अन्य जिलों में भी कोरोना टीकाकरण का अभियान चल रहा है गढ़वा जिले में कोविड वैक्सिनेशन के लिए पांच केंद्र बनाए गये हैं इसमें से तीन केंद्रों पर आज कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है आज सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मियों के अलावा सहियाओं को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार कल आठ लाख तीन हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई

राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है कल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग आईटी को भी प्रतिवादी बनाते हुए दोनों से उनतीस जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है वहीं सरकार ने न्यायालय के समक्ष गुटखा की बिक्री के मामले में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि राज्य में राज्य में गुटखा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है अब किसी भी दुकान में सादा मसाला के साथ तंबाकू की बिक्री नहीं होगी ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी गुटखा की बिक्री होने पर अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी कोर्ट ने जवाब से संतुष्ट होकर मामले का निष्पादन कर दिया

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मतदाता सूची के प्रकाशन का निर्देश जारी कर दिया गाय है

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर दो करोड़ पैंतीस लाख उनचालीस हजार तीन सौ अठाइस हो गयी जबकि इससे पूर्व सूबे में मतदाताओं की कुल संख्या दो करोड़ तीस लाख सैतीस हजार दो सौ अठासी थी इस तरह से राज्य में करीब दो दशमलव एक आठ प्रतिशत मतदाताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जो पिछले पांच सालों में सबसे अधिक है